देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई पूरी तैयारी के साथ आज से शुरू हो गई है

कोरोना केंद्रीय दल नियुक्ति केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सहित उत्तरप्रदेश झारखंड और ओडिसा में उच्चस्तरीय केंद्रीय दल नियुक्त करने का निर्णय लिया है इन चार राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक तेजी देखी जा रही है और उनमें से कुछ में मृत्यु दर का प्रतिशत भी बढा है ये दल कोरोना के पॉजिटिव मामलों की रोकथाम निगरानी जांच और कुशल नैदानिक प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में राज्य के प्रयासों में सहयोग करेंगे प्रत्येक दल में एक महामारी विशेषज्ञ और एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होंगे

धमतरी जिले में आज छत्तीस नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें चौबीस मरीज धमतरी उप जेल से हैं उधर बस्तर जिले में आज शाम तक अट्ठारह नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इनमें से सोलह मरीज जगदलपुर शहर से हैं बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के स्टाफ में कुछ लोग कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है लेकिन एहतियात के तौर पर वे स्वयं आइसोलेशन में रहेंगे इस दौरान आईजी कार्यालय बंद रहेगा इस बीच बिलासपुर के विधायक शैलेष पांडेय में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है उन्होंने बीते दिनों उनके संपर्क में आए लोगों से अपने स्वास्थ्य की सतत् निगरानी रखने को कहा है इधर दुर्ग जिले में आज उनचास नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इनमें बीएसपी के एक सहायक महाप्रबंधक एक डॉक्टर सहित नौ कर्मचारी शामिल हैं वहीं अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र से एक ही परिवार के छह सदस्यों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है इसी तरह बालोद जिले में आज सत्रह नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है जिनमें गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम सिकोसा से सात मरीज शामिल हैं वहीं राजनांदगांव जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी तनुजा सलाम ने जिला पंचायत कार्यालय को दो दिनों के लिए बंद रखने के निर्देश दिए हैं कार्यालय के पांच अधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना पॉजीटिव पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है सुश्री तनुजा स्वयं तीन दिनों तक होम आइसोलेशन में रहेंगी इस बीच राजनांदगांव जिले में आज तेईस मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई

यहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं इधर कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ रिथत सेंट्रल बैंक के कर्मचारी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद बैंक को सील कर दिया गया है वहीं महासमुंद जिले के बागबाहरा नगरी क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए व्यापारिक संगठनों ने अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आज से तीन दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है

ये निर्देश तीस सितंबर तक लागू रहेंगे गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक फोर के हिस्से के रूप में कोरोना निषिद्व क्षेत्रों से बाहर और अधिक गतिविधियां खोलने की अनुमति दी थी दिशा निर्देशों के अनुसार देशभर में इस महीने की सात तारीख से मैट्रो रेल सेवाएं फिर से शुरू होंगी और स्कूल कॉलेज तीस सितंबर तक बंद रहेंगे केन्द्र ने इस महीने की इक्कीस तारीख से सौ लोगों तक की भागीदारी के साथ धार्मिक राजनीतिक सामाजिक और खेल संबंधी आयोजनों की भी मंजूरी दी थी सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा अभी स्थगित रहेगी

जेईई प्रवेश परीक्षा देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई पूरी तैयारी के साथ आज से शुरू हो गई है लगभग छह सौ साठ केंद्रों पर छह सितंबर तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए करीब नौ लाख अंठावन हजार उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है कोरोना महामारी के दौरान आयोजित होने वाली यह ऐसी पहली परीक्षा है जिसमें लगभग दस लाख छात्रों के लिए छह सौ से अधिक केंद्र बनाये गये हैं छत्तीसगढ़ सहित ओडिशा मध्यप्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने उम्मीदवारों के लिए मुफ्त परिवहन की व्यवस्था की है इधर छत्तीसगढ़ में भी जेईई मेन्स की परीक्षा आज से शुरू हुई प्रदेश में इसके लिए पांच केन्द्र बनाए गए हैं परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रदेश से कुल तेरह हजार चार सौ पच्चीस परीक्षार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया है प्रणब मुखर्जी अंतिम संस्कार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली के लोदी रोड स्थित शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया सुरक्षित दूरी और कोरोना संबंधी अन्य नियमों को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर तोपगाड़ी की बजाए शव वाहन में ले जाया गया इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की सात बार सांसद रह चुके प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया जा चुका है वे एक सम्मानित और लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्ति थे केन्द्र सरकार ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे इधर छत्तीसगढ़ में भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राज्य सरकार ने सात दिन का राजकीय शोक घोषित किया है राजकीय शोक की अवधि में राज्य में स्थित सभी शासकीय भवनों और अन्य स्थानों पर जहां पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं छह सितंबर तक आधे झुके रहेंगे इस दौरान राज्य में शासकीय स्तर पर कोई मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे संसद मानसून सत्र संसद का मानसून सत्र आगामी चौदह सितंबर से शुरू होगा यह सत्र एक अक्टूबर तक चलेगा लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चौदह सितंबर को लोकसभा का सत्र बुलाया है कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों के कारण दोनों सदनों में बैठने के तरीके बदलने का फैसला किया गया है कोरोना महामारी को देखते हुए पहली बार नए उपाय किये जा रहे हैं इन उपायों में सभी सांसदों की जांच लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की नई तरह से व्यवस्था और दोनों सदनों से जुड़े गलियारे पर सांसदों के बीच शारीरिक दूरी संबंधी नियमावली का पालन होगा

श्री जोशी आज कोल इंडिया द्वारा आयोजित स्टेकहोल्डर्स मीट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित कर रहे थे श्री जोशी ने कहा कि कंपनी के सभी हितग्राहियों की कंपनी कार्यों में भागीदारी और जुड़ाव परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों को कम करेंगे पोषण अभियान प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान आज से शुरू हो गया है वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए इस साल राष्ट्रीय पोषण माह को डिजिटल जनआंदोलन के रूप में मनाया जा रहा है इस दौरान क्पोषण के प्रति जन जागरूकता के लिए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा यह अभियान आगामी तीस सितंबर तक चलेगा इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय पोषण माह में सहयोग के लिए जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा है पत्र में उन्होंने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की अवधारणा को साकार करने के लिए राज्य के सभी सांसदों विधायकों महापौर नगरीय निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों से योगदान देने का आव्हान किया है श्री बघेल ने कल प्रदेश के सभी सरपंच और पंचों को छत्तीसगढ़ी में पत्र लिखकर पोषण माह में सहयोग और भागीदारी की अपील की थी जवान सरपंच हत्या दंतेवाड़ा जिले के बोदली कैम्प में पदस्थ छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ के जवान कनेश्वर नेताम का शव आज मालेवाही करियामेट के बीच सड़क किनारे मिला है मृत जवान के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि यह जवान बीते छब्बीस अगस्त को छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटा था लेकिन अट्ठाईस अगस्त के बाद से लापता था उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है पोस्टमार्टम के बाद ही रिथिति स्पष्ट हो पाएगी मृत जवान कांकेर जिले के चारामा का रहने वाला था उधर कांकेर जिले में कोयलीबेड़ा विकासखंड के मंडागांव के पूर्व सरपंच घस्सुराम उसेंडी की माओवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी मिली जानकारी के मुताबिक श्री उसेंडी अपने परिवार के साथ सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम मदले गए थे जहां मोटरसाइकिल सवार तीन माओवादी कार्यक्रम स्थल पहुंचे और पूर्व सरपंच को गोली मार दी उन्हें गंभीर हालत में पखांजूर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे ने बताया कि इस घटना को माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम ने अंजाम दिया है पुलिस मामले की जांच कर रही है अज्ञात माओवादियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है इधर सुकमा जिले में माओवादियों ने पोलमपल्ली के ग्राम कोर्रापार में एक पटवारी की पिटाई कर दी हाथी आतंक कोरिया जिले में भरतपुर विकासखंड के जुइली जंगल और बड़वार इलाके में हाथियों के दल ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है वहीं धोवाताल इलाके में कई मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है मिली जानकारी के मुताबिक हाथियों के दल ने मनेन्द्रगढ़ के पसौरी इलाके में भी धान और मक्के की फसलों को काफी नुकसान पहंचाया है वहीं मध्यप्रदेश की सीमा में स्थित बरने नदी में हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई साइबर मितान योजना साइबर अपराध को रोकने और लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए बिलासपुर पुलिस का साइबर मितान एक कदम सजगता की ओर अभियान आज से शुरू हो गया है इस अभियान के पहले दिन आज दस हजार से अधिक लोग शामिल हुए इस दौरान शहर के विभिन्न जगहों पर मॉर्निंग वॉक और योग करने वालों के साथ ही खिलाड़ियों को भी जागरूक किया गया अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस की टीम शहर के अलावा जिले के हर गांव में घर घर तक पहुंचेगी और लोगों को जागरूक करेगी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे आज से आठ सितंबर तक चलने वाले इस साइबर मितान अभियान से जुड़ें और हर घर में साइबर मितान बनाने का लक्ष्य हासिल करने में सहयोग करें स्वतंत्रता सेनानी निधन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिक्षक और पूर्व विधायक देवप्रसाद आर्य का कल राजनांदगांव जिले के ग्राम हथरा में निधन हो गया श्री आर्य ने अविभाजित मध्यप्रदेश में राजनांदगांव जिले की अंबागढ़ चौकी विधानसभा क्षेत्र का वर्ष उन्नीस सौ बासठ से उन्नीस सौ बहत्तर तक प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री आर्य के निधन पर दुख व्यक्त किया है गणेश विसर्जन ग्यारह दिन की पूजा अर्चना के बाद आज अनंत चतुर्दशी से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है राजधानी रायपुर में आज घर घर हवन पूजन का आयोजन किया गया इसके बाद लोगों ने गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ के उदघोष के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया नगर निगम द्वारा कुण्ड बनाकर छोटी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने की व्यवस्था की गई है कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस साल ज्यादातर स्थानों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमाएं स्थापित नहीं की गई थीं उधर राजनांदगांव जिला प्रशासन ने गणेश विसर्जन के लिए कल स्थानीय अवकाश घोषित किया है यह अवकाश बैंक और कोषालय पर लागू नहीं होगा जैतखाम लोकार्पण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने कोंडागांव में जोड़ा जैतखाम का लोकार्पण किया जोड़ा जैतखाम का निर्माण स्थानीय सतनामी समाज के सहयोग से किया गया है ऐसे ही जोड़ा जैतखाम गिरौदपुरी भंडारपुरी और खंडवापुरी में भी स्थापित किए गए हैं मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है मौसम विभाग के मुताबिक एक द्रोणिका पश्चिम राजस्थान और और पूर्वी छोर हिमालय की तराई में स्थित है तथा पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा में एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है इसके असर से प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी हुई है संक्षिप्त समाचार राज्य शासन ने आईएएस अंकित आनंद को आवास और पर्यावरण विभाग का विशेष सचिव नियुक्त करते हुए उन्हें मार्कफेड का प्रबंध संचालक और नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा है राजधानी रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने सोलह थाना प्रभारियों का आज तबादला किया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पशु चिकित्सा सहायक शैल्यज्ञ के रिक्त एक सौ बासठ पदों के लिए दस्तावेजों का सत्यापन पांच सितंबर तक किया जाएगा कोरोना संक्रमण के कारण बसों का परिचालन बंद होने से परेशान बस चालक परिचालक कामगार वेल्फेयर सोसायटी ने विभिन्न मांगों को लेकर धमतरी में आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेन्ड्री राजनांदगांव और मानपुर में साठ साठ बालक बालिकाओं के प्रवेश के लिए मेरिट सूची जारी कर दी गई है

जांजगीर चांपा जिले में मुलमुला पुलिस ने मत्स्य विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर साढ़े सात लाख रूपये की ठगी करने के आरोपी पति पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है इसी जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पशु चिकित्सा विभाग के एक लिपिक को पच्चीस सौ रूपये की रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है कोंडागांव जिले के ग्राम घोड़ागांव में आज अज्ञात वाहन की ठोकर से एक ग्रामीण की मौत हो गई वहीं जांजगीर चांपा जिले में कुटीभाटा के पास एक मोटरसाइकिल खड़े ट्रक से जा टकराई इस हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई